इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख नेता व पदाधिकारी भाग ले रहें है इस दौरान आगामी लोक सभा चुनाव की रणनीति और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा की जा रही है ईसमाधान मुख्यमंत्री ई समाधान सुविधा को और मज़बूत बनाने के दृष्टिगत कल शिमला में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सचिव आरएन बत्ता ने की उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों को भेजी जा रही जनसमस्यों से संबंधित ई मेल पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया कार्यशाला में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल देश के लगभग तीन हजार जिला और निचली अदालतों में वान संचार नेटवर्क स्थापित करेगी

इस परियोजना के इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है प्रशिक्षण सोलन के नौणी स्थित डॉ वाईएस परमार विश्वविद्यालय में बागवानी विकास परियोजना के तहत मध्मक्खी पालकों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया इस शिविर में इन मध्यपालकों को रानी उत्पादन पर विशेष रूप से जानकारी दी गई इस दौरान विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक जेएन शर्मा ने मधुमक्खी पालकों से मधुमक्खी उद्योग लगाने के लिए आगे आने का आह्वान किया खेल हमीरपुर में राज्य स्तरीय आट्या पाट्या प्रतियोगिता इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है अपने अजीब तरह के नाम के कारण ये खेल लोगों के लिए जिज्ञासा का कारण बना हुआ है जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है खो खो से मिलते जुलते इस खेल में प्रदेश के पांच जिलों के करीब अढाई सौ खिलाड़ी हमीरपुर के मेहर कॉम्पलेक्स भरेड़ी में भाग ले रहे हैं प्रदेश सरकार ने इस खेल के खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत कोटा देने की घोषणा की है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 अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश के हवाई अडंडे बनेंगे वर्ल्ड क्लास गठित होगी टास्क फोर्स दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मंडी एयरपोर्ट की नींव नवंबर में आपका फैसला लिखत है मंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दैनिक जागरण का शीर्षक है मंडी में हवाई अड्डे के लिए होगा ओएलएस सर्वेक्षण हिमाचल दस्तक के शब्द हैँ मंडी हवाई अड़डे पर दो माह में फैसला

दैनिक भास्कर की एक ख़बर है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कर्मचारियों के लिए मंडी धर्मशाला में खोलेगा बैंच अमर उजाला लिखता है कांग्रेस राज में खूले पांच कॉलेज बंद काजा नारग ज्यूरी पबावों और बसदेहड़ा नॉन फंक्शनल कॉलेज घोषित जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है पांच से भी कम थे स्ट्रेंट पूर्व सरकार के खोले गए पांच कॉलेज करने पड़े बंद आपका फैसला की एक खबर है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितन गडकरी ने हिमाचल के नेताओं को दिया आश्वासान परवाणु को सीधा एनएच से जोड़ा जाएगा हिमाचल दस्तक लिखता है जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगता में भाग लेने गए छात्र खिलाड़ी की ड्रबने से मौत हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी की ख़बर भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है

दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय जीवन से पालयन क्यों में प्रदेश में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है जीवन में चुनौतियों और परेशानियों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए क्योंकि पलायन सफलता का पर्याय नहीं है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

नमस्कार